प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा पारम्परिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ की जा रही है

श्री मोदी सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं इस यात्रा से दोनों देशों की महत्वपूर्ण भागीदारी और मजबूत होने की उम्मीद है

यात्रा के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढाने पर चर्चा होगी साथ ही रणनीतिक महत्व के मुद्दों पर समन्वय के लिए दोनों देशों के बीच भारत सऊदी रणनीतिक साझीदार परिषद की शुरूआत के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा इसके अलावा तेल और गैस नवीनीकरण ऊर्जा और नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों में आम समझौतों पर मुहर लगेगी दोनों देशों के बीच ई प्रवास प्रणाली में समन्वय लाने और रुपे कार्ड शुरू करने को लेकर भी समझौता होगा

दिवाकर आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान इंडियन ऑयल मिडिलिस्ट और सऊदी अरब की अल जेरी कंपनी के बीच सऊदी अरब में खुदरा बिक्री केन्द्र बनाने संबंधी संयुक्त उद्यम पर भी समझौता होने की उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी के आग्रह पर सऊदी अरब के शाह हज यात्रियों का कोटा बढ़ाकर दो लाख करने पर राजी हो गए हैं

वे सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के साथ द्विपक्षोय बैठक करेंगे और युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ताओं में हिस्सा लेंगे

प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में आर्थिक सम्बधों के सचिव टीएस तिरुमूर्ति ने बताया कि दोनों देश महाराष्ट्र के रायगढ़ में महत्वाहांक्षी पश्चिमी तट रिफायनरी परियोजना को अंतिम रूप देने और उसे आगे बढ़ाने के बारे में भी बातचीत करेंगे सऊदी नेताओं को कश्मीर पर भारत के निर्णय की जानकारी देने के बारे में सवाल के जवाब में श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि सऊदी अरब ने घाटी में हाल की घटनाओं के बारे में बेहतर समझबूझ का परिचय दिया है सीमापार से आंतकवाद के बारे में उन्होंने कहा कि भारत और सऊदो अरब ने इस मुद्दे पर चिंता प्रकट की है जो इस वर्ष फरवरी में युवराज सलमान की भारत यात्रा र्क बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में भी शामिल की गई थी अयोध्या भूमि विवाद पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्यायपालिका में सम्मान और भरोसा तथा आपसी तालमेल बनाए रखने पर बल दिया है

एक आनंददायक आश्दर्यजनक बदलाव देश ने महसूस किया प्रधानमंत्री ने कहा कि संयम हमेशा शक्ति प्रदान करता है तथा एकता और तालमेल से हमारे देश की शक्ति और क्षमता इसका प्रमाण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगे जनता दरबार में एक सौ पचास से अधिक फरियादियों की समस्यायें सुनी और समाधान का आश्वासन दिया गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन श्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद फरियादियों से मुलाकात की इससे पहले मुख्यमंत्री ने गुरू गोरक्षनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की और उसके बाद ब्रहमलीन गुरू अवेद्यानाथ के समाधि स्थल पर जाकर उनका आर्शीवाद लिया फिर मुख्यमंत्री ने गौशाला पहुंचकर गो सेवा की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

प्रदेशभर में गोर्वधन पूजा परंपरागत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ की जा रही है हमारे प्रतिनिधि ने खबर दी है कि मथुरा वृदावन क्षेत्र में दुनियाभर से भारी संख्या में भगवान कृष्ण के भक्त एकत्र हुए हैं एक रिपोर्ट ब्रज मे गोवर्धन पूजा का अपना एक अलग ही महत्व है भगवान कृष्ण ने इन्द्र का मान मर्दन करते हए गोवर्धन पर्वत को अपनी कँगली पर उठाया था तभी से बज मे गोवेर्धन प्रजा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है केशव देव गोड़िया मठ मे आज गोवेर्धन पूजा मे विदेशी कृष्ण भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया केशव देव गोड़िया मठ द्वारा आज गोवर्घन पूजा के अंतर्गत श्रद्धालुओं ने गिरिराज महाराज की सोभा यात्रा निकाली और उनका अभिषेक किया

जगह जगह आयोजनों में श्रद्धा को रौलाब उमड़ रहा है

जौनपुर में आदि गंगा गोमती के पावन तट सूरज घाट पर स्थित प्राचीन मठ में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया सूरज घाट के महंत बाबा नरसिंह दास ने बताया कि अन्नकूट पर्व पर भगवान को भोग लगाने के लिये छप्पन प्रकार के व्यंजन बनाये गये साथ ही जौनपुर नगर के बारीनाथ मठ पर भी भगवान गोवर्धन की विधि विधान से पूजा की गई लखीमपुर खीरी में गोवर्धन पूजा पर जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिह ने वृहद गौ संरक्षण केन्द्र भानपुर पहुंच कर गौ पूजन किया

वहां पर मौजूद लोगों से जिलाधिकारी ने आग्रह किया कि वह गौ संरक्षण में अपना योगदान दे इसके बाद जिलाधिकारी ग्राम पिपरा करमचन्द में स्थित बालगृह गये और बच्चों को फल व मिठाई देकर श्भकामनाएं दी उत्तराखंड में गोवर्धन पूजा के अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट आज से अगले छह महीनों के लिए बंद कर दिये गए हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट भी कल से शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे

सेना के बैंड की अगुवाई में स्थानीय वाद्य यंत्रों को बजाते हुए हजारों की संख्या में श्रद्धाल मां गंगा की डोली के साथ मारकंडे पूरी के लिए रवाना हुए जहां चंडीदेवी मंदिर में डोली आज रात विश्राम करेगी शीतकाल में मां गंगा की पूजा अर्चना मूखी मठ के छंठ मूखवा में होती है इस वर्ष यात्रा काल के दौरान देश विदेश के करीब पांच लाख से अधिक भक्तों और श्रद्धाल्रओं ने गंगोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कार्पोरेट सामाजिक दायित्व सीएसआर के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चुनिंदा कम्पनियों को राष्ट्रीय कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पुरस्कार प्रदान करेंगे कल नई दिल्ली में दिये जाने वाले ये पुरस्कार कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा समावेशी और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए दिए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर है

केन्द्रीय सतर्कता आयोग आज से दो नवम्बर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित कर रहा है ताकि लोगों के सहयोग से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्य निष्ठा को बढ़ावा मिले सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय निष्ठावान जीवन शैली रखा गया है आयोग ने कहा है कि इस विषय से समाज के सभी वर्गों विशेषकर युवाओं को नैतिक आचरण का पता चलेगा और ईमानदार भेदभाव रहित और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाया जा सकेगा पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरूआत हुई मंडल रेल प्रबंधक विजय लक्ष्मी कौशिक ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्य निष्ठा ईमानदारी पारदर्शिता और भ्रष्टाचार उन्मूलन के साथ साथ संगठन के विकास व मिलकर काम करने की शपथ दिलाई उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सदैव सतर्क रहते हुए हमेशा ईमानदारी के उच्च मानकों का पालन करना चाहिये पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान रेलवे स्टेशनों पर उदघोषणा बैनर और पोस्टर के माध्यम से रेल यात्रियों को जागरूक कर रहा है